जवान श्रद्धांजलि बीजापुर जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए हमले में शहीद चार जवानों को आज रायपुर के माना स्थित चौथी बटालियन में श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस मौके पर पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय स्पेशल डीजी एन्टी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी गृह सचिव अमिताभ जैन डीआईजी पी सुंदरराज सहित सीआरपीएफ और पुलिस विभाग के आला अधिकारी उपस्थित थे शहीद जवानों को गॉड ऑफ ऑनर देने के बाद पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि कल शाम माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ की एक सौ अड़सठवीं बटालियन के चार जवान शहीद हो गए थे वहीं इस हमले में दो अन्य जवान घायल हुए थे जावड़ेकर शेरगिल प्रेसवार्ता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि बीजाप्र जिले में माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी श्री जावड़ेकर ने आज जगदलपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में कहा कि पिछले पंद्रह सालों में बस्तर में विकास कार्य काफी हुए हैं इसलिए यहां पर माओवादियों का प्रभाव कम हुआ उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए इस घटना की निंदा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी इधर केंद्रीय मंत्री श्री जावडेकर ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने माओवादी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जवानों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा है यहां माओवाद का विस्तार लगातार हो रहा है रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि सुरक्षा इंतजामों में कमी की वजह से माओवादी हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है कांग्रेस जकांछ सूची अखिल भारतीय कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने सैंतीस प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को पाटन से और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है इन सीटों पर अगले महीने की बीस तारीख को दूसरे चरण में मतदान होगा तीसरी सूची में बारह सीटों पर अनुसूचित जनजाति ग्यारह सीटों पर पिछड़ा वर्ग पांच सीटों पर अनुसूचित जाति और नौ अन्य को सामान्य सीटों पर उम्मीदवार बनाया गया है इस तरह से कांग्रेस ने अब तक पचपन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी आज दो और उम्मीदवारों के नाम जारी किए इनमें सिहावा नगरी से शांतनू सोम और कवर्धा से अगमदास आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है पहले चरण के अट्ठारह सीटों में से दस सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है इस बैच भारतीय जनता पार्टी पहले ही सतहत्तर विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है राजनीतिक सरगर्मियां प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा तथा प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कोंडागांव विधानसभा के बीजापुर कांकेर विधानसभा क्षेत्र के हल्बा गांव और राजनांदगांव जिले के मोहला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने आज जशपुर जिले के दुलदुला में चुनावी रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने पार्टी की ओर से किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम इन दिनों बस्तर संभाग के पांच दिवसीय दौरे पर हैं आज उन्होंने बीजापुर और बचेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की इस बीच भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार के लिए कल उनतीस अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री उमा भारती स्मृति ईरानी और रामकृपाल यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चित्रकोट रामकृपाल यादव अंतागढ़ भानुप्रतापपुर और उमा भारती खैरागढ़ में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी इधर आम आदमी पार्टी के बहत्तर उम्मीदवार आगामी एक नवंबर को एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे

वहीं दूसरे चरण के तहत बहत्तर सीटों के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी है दूसरे चरण के लिए अधिसूचना बीती छब्बीस अक्टूबर को जारी हुई छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में बताया कि विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय किन बातों पर विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस संबंध में हुई बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे हमारे समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सभी जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के बड़ेगुडरा में बोट पंड्म का आयोजन किया गया इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने युवा और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की प्रक्रिया के बारे में बताया वहीं बेमेतरा जिले के बेसिक स्कूल मैदान में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता महोत्सव का आयोजन किया गया इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली और छत्तीसगढ़ी नुक्कड़ नाटक मैं जरूर वोट डारहू का प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में मोर रायपुर मोर वोट कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया इसके तहत मतदाताओं को मतदान करने संकल्प दिलाया गया इधर कोरबा जिले में आगामी तीस अक्टूबर को कॉलेज के छात्रों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली जाएगी इस दौरान मतदाताओं को हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी में तैयार किए गए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा रेरा ब्रोशर प्रकाशित छत्तीसगढ़ भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने आवासीय कॉलोनियों के निर्माताओं को अपने प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार के लिए एक से अधिक ब्रोशर प्रकाशित और वितरित नहीं करने के निर्देश दिए हैं रेरा ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया है इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट के विज्ञापन और प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग ब्रोशर प्रकाशित करने से परिवादों की सुनवाई के दौरान मकान खरीदने वालों और अन्य संबंधितों में भ्रांति पैदा होती है परिपत्र में सभी प्रमोटरों को ब्रोशर से संबंधित विसंगतियों को दूर करने और इनमें एकरूपता लाने कहा गया है साथ ही प्रत्येक ब्रोशर में संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा से प्राप्त पंजीयन नम्बर और छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट का पता मुख्य पृष्ठ पर अंकित करना जरूरी होगा ब्रोशर के अंतिम पृष्ठ पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता प्रकाशन की तारीख और मुद्रित प्रतियों की संख्या भी अंकित की जाएगी

इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ सप्ताह के पहले दिन कल उनतीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी